सम्मेलन का विषय है मानव केन्द्रित भविष्य का समाज सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा वित्तीय स्थिरता आतंकवाद से जुड़े मुद्दों डिजिटल अर्थव्य्वस्था में नवाचार और कम्यूटर आधारित कार्यप्रणाली यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी

इस वर्ष का विषय है न्याय के लिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए न्याय इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश है कि मादक पदार्थ की समस्या से निपटने में न्याय और स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में लोगों से मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले खतरों के प्रति जागरुकता फैलाने और इस समस्या से निपटने में मिलकर प्रयास करने की अपील की है

प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में नशामुक्ति को लेकर जागरूकता कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला मुख्यालय स्थित गांधी उपवन से नगरपालिका टॉउन हॉल तक नशामुक्ति अभियान के तहत रैली निकाली गई रीवा में मी आज एक रैली निकाली गई जिसमें छात्र छात्राएं शासकीय अधिकारी कर्मचारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया

नरसिंहपुर जबलपुर सतना उमरिया सीधी शिवपुरी धार श्योपुर भिण्ड मुरैना नीमच देवास छिंदवाडा खंडवा खरगोन होशंगाबाद सहित विभिन्न जिलों से भी अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार मिले हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह पहला मन की बात कार्यक्रम है

ईओडब्ल्यू छापा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने कल जबलपुर में पीएचई के सेवानिवृत्त अधिकारी सुरेश उपाध्याय के चार ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की

जांच अधिकारी देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि छानबीन में करोड़ों की बेनामी सम्पत्ति का पता चला है पीएचई में एसडीओ से रिटायर्ड सुरेश उपाध्याय ने सबसे अधिक निवेश प्रॉपर्टी में किया है जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी कि रिटायर्ड एसडीओ के पास आय से अधिक संपत्ति है और उन्होंने यह सेवा में रहते अर्जित की है

घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए गोटेगांव के सरकारी अस्पताल भर्ती कराया गया

हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका बेटा गंभीर रुप से घायल हो गया